देश आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है

देश आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल का सत्तर दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है और इस दौरान कई ऐसे फैसले किये गये जो पिछले सत्तर सालों से लंबित थे

वर्ष दो हजार चौदह से पहले देशवासियों में निराशा थी जो अब नहीं हैं उन्होंने कहा कि अब समस्याओं को टालने और पालने का समय नहीं है सबका साथ सबका विकास मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हाल ही में किए परिवर्तनों से इन क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा उन्होंने कहा कि इससे वहां के लोगों को देश के अन्य भागों के नागरिकों की तरह अधिकार सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलेंगे वाईट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हाल ही में किए गए बदलावों से वहां के निवासी बहुत अधिक लाभान्यित होंगे वे भी अब उन समी अधिकारों और सुक्याओं का लाम उठा पाएंगे जो देश के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं तिहतरवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक बहुत ही विशेष मोड़ पर अपनी आजादी के बहत्तर वर्ष प्ररे कर रहा है श्री कोविंद ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाली महान पीढ़ी ने केवल राजनीतिक अधिकार हासिल करने के बारे में ही नहीं सोचा था बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता की द्रगामी और व्यापक प्रक्रिया की ओर बढ़ता कदम माना था राष्ट्रपति ने हाल में संपन्न संसदीय सत्र पर प्रसन्नता व्यक्त की राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि भारत कभी भी आलोचनात्मक समाज नहीं रहा उन्होंने कहा कि भारत हमेशा जीओ और जीने दो के सिद्धांत को मानता रहा है उन्होंने यह भी कहा कि भारत का इतिहास नियति धरोहर और उसका भविष्य सभी में सह अस्तित्व सुलह सफाई और मेलजोल का आधार है देश के युवाओं के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि हम युवाओं और भावी पीढ़ियों को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षा की कक्षाओं में जिज्ञासु बनाना श्री कोविंद ने समाज में आधारभूत सुविधाओं का सभी के लिए प्रयोग करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के महत्व पर भी बल दिया बाईट देरावासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है गरीब से गरीब लोगों के लिए घर बनाकर और हर घर में विजली रौचालय तथा पानी की सुविधा देकर सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है हर देरायाती के घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने किसान भाई बहनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और देरा में कर्सी बाढ़ तो कर्सी सूखे की समस्या का प्रमावी समाधान करने के लिए जल शक्ति के सद्यपयोग पर विष्ठेष बल दिया जा रहा है राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आधारभूत ढांचों से लाभान्वित होना और इन्हें सुरक्षित रखना कड़ी मेहनत से प्राप्त आजादी का एक दूसरा पहलू होगा स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास पर आगे बढ़ रही है सात निश्चय योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांव की गली गली की तस्वीर बदल रही है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां सामाजिक परिवर्तन की ब्रनियाद पर आधारित हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों स्कूलों महाविद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यालयों पर तिरंगा फहराया गया विधान सभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद में कार्यकारी सभापति हारूण रशीद पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एपीशाही ने झंडोतोलन किया विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि जिला मुख्यालयों में झंडोतोलन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामना दी है भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करती हैं बदले में भाई अपनी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं निगरानी जांच ब्यूरो ने बिहार विधानसभा सचिवालय में निम्नवर्गीय लिपिकों की नियुक्ति में हुये घोटाला मामले में विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह समेत चालीस अन्य लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया ब्यूरो ने यह आरोप पत्र भारतीय दंड विधान भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दायर किया है केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुजन घोटाला मामले में पटना के बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक नवीन कुमार साहा को गिरफ्तार कर लिया है बाद में उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें उन्नीस अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया गौरतलब है कि साहा पर भागलपुर में पदस्थापना के दौरान घोटाले में शामिल होने का आरोप है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने राष्ट्रपति के संबोधन को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है कश्मीर अवाम को समान हक दैनिक जागरण की बड़ी खबर है अभिनंदन को वीर चक्र प्रभात खबर लिखता है गांधी मैदान में आज दिखेगी बिहार की झलक दैनिक भास्कर ने प्रदेश में ठनका गिरने से तीस से पैंतालीस मिनट पहले ही मिलेगी जानकारी लोगों को एप्प व एसएमएस से अलर्ट किया जायेगा को बड़ी खबर बनाया है आज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ खड़ा है पूरा देश और अब अंत में मुख्य समाचार देश आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है